नये कृषि सुधार कानून के सैद्वांतिक विरोध के बीच सरकार ने राज्य के अधिक से अधिक किसानों से एमएसपी पर धान खरीदने का निर्णय लिया है राज्य सरकार एमएसपी के अलावा प्रति क्विंटल एक सौ बत्तीस रूपये का बोनस भी देगी इस वर्ष साढ़े चार लाख टन धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जबकि पिछले वर्ष यह लक्ष्य तीन लाख टन था

झारखंड की कांतिकारी पार्टी जेकेकेपी के प्रत्याशी देब देहरी का नामांकन पत्र स्क्रेटनी में रदद कर दिया गया है निर्वाची पदाधिकारी महेश्वर महतो ने बताया कि देव देहरी ने दस में से आठ प्रस्तावकों का हस्ताक्षर कराया था जबकि दो प्रस्तावकों ने अंगूठे का निशान लगाया था जो अभिप्रमाणित नहीं था इसी आधार पर उनका नामांकन पत्र रदद कर दिया गया जबकि शेष के नामांकन पत्र सही पाये गए हैं अब दुमका विधानसभा उपचुनाव में बारह उम्मीदवार मैदान में हैं कल तक नाम वापस लिये जा सकेंगे

न्यायमूर्ति एचसी मिश्रा की अदालत ने वीडियो काफ्रेंसिंग में प्रतिवादियों द्वारा दायर प्रक शपथ पत्र को देखा जेपीएससी की दलील को सही बताते हए विश्वविद्यालय पर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया विश्वविद्यालय जुर्माना की राशि प्रार्थी को भुगतान करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ग्रैंड चैलेंजेस की वार्षिक बैठक के उदघाटन सत्र में मुख्य भाषण देंगे

तीन दिन तक चलने वाली इस वर्चुअल बैठक में विश्व के कई प्रतिष्ठित नेता वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ता भाग लेंगे इसमें मुख्य रूप से कोविड से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी

इस वर्ष की बैठक का आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर किया है स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी इसे सम्बोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारथोमा ईसाई समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख डॉक्टर जोसेफ मारथोमा मेट्रोपोलिटन के निधन पर दुख व्यक्त किया है डॉक्टर मारथोमा का आज सुबह निधन हो गया श्री मोदी ने एक टवीट में कहा है कि जोसेफ मार्श्रोमा मेट्रोपॉलिटन एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने मानवता की सेवा की और गरीबों तथा दलितों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत की उन्होंने कहा है कि डॉक्टर मारथोमा मेट्रोपॉलिटन सहान्भूति और विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे और उनके महान आदर्शों को हमेशा याद किया जाएगा

पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर आज शाम पांच बजे वाय प्रद्षण के बारे में फेसबुक लाइव के जुरिए लोगों से बातचीत करेंगे एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि वे लोगों से वार्तालाप करेंगे और उन्हें वाय प्रदूषण से निपटने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा किए गए उपायों की जानकारी देंगे श्री जावड़ेकर ने कहा कि लोग वायु प्रद्षण के बारे में अपने सवाल और सुझाव पहले से साझा कर सकते हैं स्टार्टअप्स और उद्योगों को जल्द ही देशभर में फैले विभिन्न संस्थानों विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उपकरणों तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रयोग करने की अनुमति होगी ताकि वे आवश्यक अनुसंधान और विकास के लिए प्रयोग तथा परीक्षण कर सकें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि वह विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी ढांचे में सुधार संबंधी अपने कोष का प्रनर्गठन कर रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत मंत्रालय विश्वविद्यालयों और उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षण तथा अनुसंधान के लिए मुलभूत सुविधाओं के नेटवर्क का विस्तार करने में सहायता प्रदान करता है मंत्रालय ने कहा है कि स्टार्टअप्स और उद्योग इन संस्थाओं में अपने लिए अपेक्षित अनुसंधान तथा विकास प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास के लिए आवश्यक परीक्षण तथा प्रयोग कर सकेंगे

रूस ने इस टीके को विकसित किया है और इस पर वहां पहले और दूसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किया जा चुका है

राज्य में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना के पांच सौ बयालीस नये संक्रमित मरीज मिले

राज्य में अब तक कोरोना संक्रमितो की संख्या बढ़कर पंचानबे हजार नौ सौ सड़सठ हो गई है वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अटठासी हजार पांच सौ उनसठ है राज्य में अब तक आठ सौ बत्तीस संक्रमितों की मौत हो चुकी है वहीं सकिय मरीजों की संख्या छह हजार पांच सौ छिहत्तर हैं कल बीस हजार नौ सौ बावन सैंपल की जांच की गई इधर कोरोना से संक्रमित शिक्षामंत्री जगरनाथ महतो के स्वास्थ की समीक्षा कल मेडिकल टीम द्वारा की गयी डॉक्टरों की टीम ने फेफड़ा ट्रांसप्लांट करने की सलाह दी है आज चेन्नई से डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए रांची पहुंचेगी

केन्द्रीय विश्व विद्यालय झारखंड के कार्यकारी कुलपति डॉक्टर आके डे ने कहा है कि अगले सत्र से नई शिक्षा नीति का सिलेबस लागू किया जा सकता है इस लिए विद्यार्थियों को नई शिक्षा नीति की प्रमुख बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए डॉक्टर डे केन्द्रीय विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति विषय पर आयोजित सेमिनार में बोल रहे थे इस मौके पर मानव संसाधन विभाग के एचओडी डॉक्टर विमल किशोर ने कहा कि नई शिक्षा नीति में हुए बदलाव पर शिक्षकों को अपनी जानकारी बढ़ाने की जरूरत है

झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने इंटर और मैट्रिक के कंपार्टमेंटल परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है इंटर की परीक्षा छह और मैट्रिक की नौ नवंबर से शुरू होगी वहीं प्रायोगिक परीक्षा छब्बीस से अठाईस नवंबर के बीच ली जायेगी जैक द्वारा जारी परीक्षा कार्यकम के अनुसार मध्यमा मदरसा और इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा अट्ठाईस अक्टूबर से शुरू होगी पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित गुदड़ी थाना क्षेत्र के देवां गाँव में डायन बिसाही का आरोप लगाकर एक वृद्ध महिला की पीट पीटकर हत्या कर दी गयी जिले के एएसपी सह पोडाहाट चक्रधरपुर के एसडीपीओ नाथ सिंह मीणा से इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक घटना शनिवार देर शाम की है देवां गाँव के ही तीन लोगों ने डायन का आरोप लगाते हुए वृद्ध महिला की लाठी डण्डे से पीट पीटकर कर हत्या कर दी घटना के बाद से तीनों आरोपी फरार हैं और पुलिस तीनों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया है रांची जिले के सिल्ली थाना क्षेत्र के सिल्ली टिकर रोड के पास सड़क दुर्घटना में दो जानवरों की मौत हो गई वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है

मृतक के बारे में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सुचना दी पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन कर रही है पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही यह पता चल सकेगा कि मौत का कारण क्या है आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जा रही है राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों के मंदिरों में सुबह से ही भक्त मां की आराधना कर रहे हैं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करते हुए मंदिरों में एक एक करके श्रद्वालुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दी जा रही है

रबीउल अव्वल महीने का चांद कल नजर नही आया यह ऐलान कल एदारा ए सरिया की बैठक में हुआ सरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि कल कहीं से भी चांद दिखने की सूचना नहीं मिली है आज अब्धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइटराइडर्स से होगा जबकि दुबई में मुंबई इंडियंस का सामना किंग्स इलेवन पंजाब से होगा इससे पहले कल आईपीएल क्रिकेट में शिखर धवन के शतक और अक्षर पटेल के मैच के आखिरी ओवर में तीन छक्कों की मदद से डेल्ही कैपिटल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स को पांच विकेट से हरा दिया

आईपीएल में यह उनका पहला शतक है उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया